रांची के रिम्स में कल से प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का उपचार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नई सुविधा की शुरूआत और राजधानी रांची समेत राज्यमर में झमाझम बारिश मौसम विभाग ने कल भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की

इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से एक एक आदमी को बचाना हम सबका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं

राज्य में कोरोना संकमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है अब तक कुल संकमितों की संख्या आठ हजार चार सौ उन्यासी हो गयी है इस वैश्विक महामारी से अब तक छियासी मौतें हुई हैं

उधर हजारीबाग जिले में आज उनचास लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है इनमें पुलिस के कई अधिकारी और जवान शामिल हैं

कोडरमा जिले में भी आठ कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं उन्हें भी कोविड केयर सेंटर से छटटी दे दी गयी है राज्य में कल से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज होगा रांची स्थित रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस स्वास्थ्य सुविधा की शुरूआत करेंगे इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकर भी मौजुद रहेंगे

इस दौरान उन्होंने कोरोना संकमण के बढ़ते प्रसार पर चिंता जतायी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की

इसके अलावा बाईस मरीज को येंटीलेटर और तेर्डस को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लोहरदगा सिमडेगा लातेहार जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम समेत सात जिले ऐसे हैं जहां की जांच क्षमता राष्ट्रीय औसत से अधिक है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या नौ लाख को पार कर गई है

कोरोना से मृत्य दर भी घटकर दो दशमलव दो आठ प्रतिशत रह गई है

उनतीस जुलाई से पीएमसीएच में कोरोना टेस्ट लैब काम करने लगेगा इससे पलामू और आसपास के क्षेत्रों से लिए जानेवाले सैंपलों की जांच में आसानी होगी इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज पीएमसीएच का निरीक्षण किया और पूरी स्थिति की जानकारी ली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

दामोदर घाटी निगम के सहयोग से सीमा सुरक्षा बल के के मेरू स्थित प्रशिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय में मौजूद तीन झीलों के जीर्णोद्वार का काम किया जा रहा है इन झीलों में पानी रोकने की झमता भी बढ़ायी जा रही है सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक महेन्द्र सिंह ने बताया कि एक ओर जहां इसके माध्यम से जल संरक्षण और भूमिंगत जल को ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कोरोना संकमण काल में मजदूरों को रोजगार भी दिए जा रहे हैं

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संगठन आने वाले दिनों में और ॅअच्छा काम करेगा

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य में मौजुदा परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को वीडियो काफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि देश में हो रहे पांच प्रमुख बदलायों को ठोस रूप देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आने वाले दिनों में यह एक शांत क्रांति का रूप लेगी श्री दास ने कृषि क्षेत्र नयीकरणीय ऊर्जा सुचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्विक मुल्य श्रखंला तथा बुनियादी ढांचे को ऐसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्याधिक लाभदायक साबित होंगे राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है

आकाशवाणी रांची अविभाजित बिहार का दूसरा रेडियो स्टेशन है झारखंड की शैक्षिक सांस्कृतिक और यिकास की गाथा इसके बिना अध्री है केन्द्र के अभियंत्रण प्रमुख सह केन्द्र निदेशक मदन सिंह ने कहा कि आकाशवाणी रांची पिछले सड़सठ वर्षों से अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है राजधानी रांची समेत राज्यभर में मॉनसून सक्रिय है लगभग सभी जिलों में आज झमाझम बारिश हुई इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है अठाइस जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश होगी जबकि उनतीस जुलाई को राज्य के मध्य और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है

यह मरीज भाजपा नेता जयवर्द्वन सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है उपराजधानी द्मका में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर आज जिले की उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक की

पलामू जिले में हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड क्षेत्र में आज वजपात की तीन घटनायें हुई